बैठक में धर्मशाला के तपोवन में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई

सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे इस दौरान के द्वीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे

उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है

ईद हज़रत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज धार्मिक आस्था से मनाया जा रहा है पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को उजागर करने के लिए मिलाद महफिल और सीरत मजलिसों का आयोजन किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाए दी हैं समस्या सोलन स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में पानी की समस्या के चलते मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानी हो रही है हमारे सोलन प्रतिनिधि के अनुसार अस्पताल प्रशासन टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था कर रहा है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है लोगों ने सरकार पर अस्पताल की स्थिति को सुधारने की दिशा में कोई कदम न उठाने का भी आरोप लगाया है अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक महेश गुप्ता ने माना कि पेयजल समस्या है लेकिन जल्द इसका समाधान कर लिया जाएगा परामर्श केंद्र ऊना जिला प्रशासन चिंतपूर्णी मंदिर पीर निगाह डेरा बाबा बड़भाग सिंह में बाल सहायता व परामर्श केंद्र स्थापित करेगा अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने ऊना में कल एक बैठक में बताया कि इन केंद्रों की स्थापना का उददेश्य बाल मजद्री और बाल भिक्षावृत्ति पर सख्ती से रोक लगाना है

अब सुर्खियां समाचार पत्रों से समाचार पत्रों ने आज प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

अमर उजाला का शीर्षक है हजारों अंशकालिक कर्मचारी बनेंगे दिहाड़ीदार तीन गुणा बढ़ेगा वेतन दिव्य हिमाचल के मुताबिक अंशकालीन जलवाहक बने दैनिक भोगी आपका फैसला के अनुसार पार्ट टाइम वर्करों को तोहफा नौकरियों की आई बहार दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है जयराम केयर में पांच लाख तक का मुफ्त उपचार

हिमाचल दस्तक लिखता है बाबा रामदेव पर जयराम ने लिया बीच का रास्ता

आपका फैसला ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के बयान को सुर्खी दी है अनुराग को हराने के लिए दिग्गज की जरूरत नहीं जबकि अजीत समाचार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है पांच राज्यों में हो रहे चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेंगे दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है बेगुनाह बंदी ने जेल में लिखी सिविल परीक्षा तैयारी की किताब दो साल बाद हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी पंजाब केसरी की एक सुर्खी है बिना अनुमति रोहतांग सुरंग में दाखिल हुई दो महिलाए बेहोश तीन की तबियत खराब अजीत समाचार ने खबर दी है प्रदेश के छह जिलों के प्रमुख शहर जुड़ेंगे प्राकृतिक गैस लाइन से अंग्रेजी दैनिक द ट्रिब्यून ने उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के हवाले से लिखा है दिव्यांगजनों को दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय हिमाचल पर एनजीटी की नजर में लिखता है कि पिछले तीन दशकों से शहरीकरण की रफ्तार और पर्यटन स्थलों के विस्तार को नज़रअंदाज करना अब महंगा पड़ रहा है एनजीटी की नज़र अगर न पड़ती तो हिमाचली सैरगाहें कभी आगाह नहीं होती आपका ने अपने सम्पादकीय बीबीएमबी की रजामंदी में लिखा है दशकों बाद आखिर बीबीएमबी ने बल्ह घाटी स्थित बग्गी खयूरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण को हामी भर दी है जो प्रदेश के लिए एक सुखद बात है

नमस्कार